आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज दूरीए है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यह निर्देश दिये हैं उन्होंने इसके प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता के लिए अपर मुख्य सचिव कार्मिक और आईटी सचिव को जिम्मेदारी सौंपी है सचिवालय में मुख्य सचिव सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने दिसम्बर से शुरू होने वाले अपने जिलों के प्रवास कार्यक्रम से पहले दोनों मण्डलाय्क्त को विधानसभा क्षेत्रवार योजनाओं की समीक्षा करने को कहा है उन्होंने जिलों के प्रभारी सचिवों को इस महीने के अंत तक सम्बन्धित जिलों का भ्रमण कर विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रभारी सचिव अपने भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जिलों में संचालित ग्रोथ सेंटरों का भी निरीक्षण करें उन्होंने जन समस्याओं के जल्द समाधान और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सीएम डैश बोर्ड पर उपलब्ध विवरण को भी पब्लिक डोमेन में अपलोड करने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिये

उन्होंने कहा कि इस संक्रमण पर प्री तरह नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार प्री सतर्कता बरत रही है

इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को पर्वतीय जिलों के दुरस्थ क्षेत्रों में ये एम्ब्लेंस तैनात करने के निर्देश दिये बैठक बागेश्वर बागेश्वर जिले में पर्यटनए हस्तशिल्प हथकरघाए ताम्र शिल्पए रिंगालए दनकालीनए थ्लमाए चुटकाए शॉलए पंखीए ऑर्गेनिक ऊन और वन आधारित उत्पादों के निर्यात की सम्भावना को देखते हए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है ताकि जिले को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित किया जा सके जिलाधिकारी विनीत कुमार ने निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिये उन्होंने निर्यात के लिए उपलब्ध संसाधनों और निर्यात के लिए बनाई जाने वाली कार्ययोजना के लिए समिति का गठन करने के भी निर्देश दिये

यह योजना उन लोगों को ऋण स्विधा प्रदान करती है जो कोविड लॉक डाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है मंत्रिमंडल उपसमिति बैठक देहरादून में आज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में प्छी आयोग और संस्कृत शिक्षकों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई बैठक के बारे में जानकारी देते हए श्री रावत ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सिफारिश दी गई है बैठक में संस्कृत आचार्यों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा हुई उपसमिति ने संस्कृत आचार्यों का वेतन बढ़ाने की सिफारिश कैबिनेट से की है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देने वाले आचार्यो की वेतन बढ़ोतरी जरूरी है बह्त से शिक्षक सालों की सेवा के बाद रिटायरमेंट के करीब है जिनका वेतन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बह्त कम है सल्ट विधानसभा सीट पूर्व विधायक सु्रेद्र सिंह जीना के निधन के बाद अब सल्ट विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है विधानसभा के प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सुरेंद्र सिंह जीना सल्ट विधानसभा से चुने गए थे

विधानसभा की ओर से इस आशय की सूचना च्नाव आयोग को भी दे दी गई है

सभी पहल्ओं को देखते हए ही इस पर फैसला किया जायेगा दसवीं और बारहवीं की कक्षाओं के लिए ख्ले स्कूलों के संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में पूरी सुरक्षा अपनाई जा रही है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कक्षा दसवीं और बारहवीं के लिए स्कूल खोलने की अन्मति दी है इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है हालांकि स्कूल ख्लने के क्छ दिन बाद ही कई जगह सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों में क्छ शिक्षकों में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि हई ऐसे स्कूलों को क्छ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था स्कूलों को दोबारा खोलने से पहले शिक्षकों का कोरोना टेस्ट किया गया पेयजल योजना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन और पेयजल आपूर्ति में ग्णवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये हैं उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अन्श्रवण परिषद की बैठक में उन्होंने पेयजल लाइनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पाइप लाइन को जमीन से दो फिट नीचे रखे जाने पर भी ध्यान देने को कहा है म्ख्यमंत्री ने पेयजल योजनाओं के लिए चिन्हित कार्यदायी संस्था के विवरण से संबंधित बोर्ड भी योजना स्थल पर लगाये जाने के निर्देश दिये हैं ताकि निर्माण कार्यों में कमी पाये जाने पर स्थानीय लोग उसकी शिकायत कर सकें बैठक में म्ख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को ट्यूबवेल और पंपों का स्वामित्व जल निगम को दिये जाने के निर्देश दिये ताकि सिंचाई के साथ इनके माध्यम से पेयजल की भी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके पीएम स्ट्रेट वेंडर योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए देहरादून नगर निगम परिसर में दो दिवसीय लोन मेला लगाया गया है

शहर में अभी भी काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर हैंए जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स इस लोन मेले में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं इसके लिए स्ट्रीट वेंडरों को अपने साथ अपना आधार कार्ड और नगर निगम की ओर से बनाया गया वेंडर कार्ड लेकर नगर निगम पहंचना होगा आपदा प्रबंधन सचिव शैलेश बगोली ने जानकारी दी कि कोरोना काल में स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय को नुकसान से उबारने के लिए लोन देने की योजना श्रू की गई है अगर कोई वेंडर समय से लोन च्का देता है उसको दोबारा से लोन मिल सकता है

सतत विकास कार्याशाला केंद्र सरकार के सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर आज पौड़ी में दो दिवसीय कार्याशाला का आयोजन किया गया कार्याशाला का श्भारम्भ करते हए म्ख्य विकास अधिकारी आशीष क्मार भटगाई ने कहा कि ऐसी कार्याशालाएं ब्लाक स्तर पर होनी चाहिए जिनमें ग्राम सभा स्तर के प्रतिनिधि भाग ले सकें ताकि सतत विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके

छठ पर्व प्रदेश के विभिन्न भागों में चार दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाय खाय अन्ष्ठान के साथ श्रू हो गया है यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है स्नान करने के बाद श्रद्वाल् नहाय खाय की रस्म के तहत अरवा चावलए चना दाल और लौकी जैसे पके हए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं कल खरना मनाया जाएगा

स्कूल में प्रवेश सरकार की गाइडलाइंस के अन्सार विद्यालय ख्लने की संभावना को देखते हए पौड़ी स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गंगानाली श्रीकोट में प्रवेश श्रू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय के प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि कक्षा एक से पांचवीं तक के अन्सूचित जाति के निर्धन छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रो को प्रोटीन य्क्त भोजनए वस्त्रए प्स्तकेंए लेखन सामग्रीए जूते चप्पलए मनोरंजन और खेलकूद सहित चिकित्सा सुविधा निश्ल्क प्रदान की जाती है